प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि आत्मनिर्मर भारत के निर्माण के लिए गैस आधारित अर्थव्यवस्था का तेजी से विस्तार जरूरी है श्री मोदी ने कल वर्चअल माध्यम से चार सौ पचास किलोमीटर लम्बी कोच्चि मंगलुरू प्राकृतिक गैस पाइपलाइन राष्ट्र को समर्पित की प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार की वन नेशन वन गैस ग्रिड के जरिए गैस आधारित अर्थव्यवस्था बनाने की योजना है प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने देश के ऊर्जा उत्पादन में प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी छह प्रतिशत से बढ़ाकर पन्द्रह प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा है प्रधानमंत्री ने कहा कि दो हजार चौदह तक देश में केवल चौदह करोड रसोई गैस कनेक्शन थे जबकि इसके बाद के छह वर्ष में ही चौबीस करोड नए कनेक्शन दिए गए उन्होंने कहा कि देश की भविष्य की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए सभी तरह के प्रयास किए जा रहे हैं गुजरात में प्रस्तावित दनिया का सबसे बड़ा स्वच्छ ऊर्जा संयंत्र इस दिशा में बड़ा कदम है प्रधानमंत्री ने कहा कि कोच्चि से मंगलूरू तक तीन हजार करोड़ रूपये की गेल इंडिया की इस परियोजना से अनेक लोगों को रोजगार मिला है श्री मोदी ने कहा कि इस पाइपलाइन से देश की हजारों करोड़ रूपयों की विदेशी मुद्रा बचेगी इस पाइपलाइन का एक और बड़ा लाम पूरे देश को होगा जब यह पाइपलाइन पूरी क्षमता से काम करना शुरू कर देगी तो देगा की हजारों करोड़ की विदेशी मुद्रा खर्च ये खर्च बच जाएगा

ये प्रयास हमें उसमें भी मदद करेंगे

श्री मोदी ने कहा कि पहले की तुलना में भारत आज बहुत तेजी से विकास कर रहा है आज आप जिस भी फ्रंट पर देखे हाइवे कनेक्टिविटी रेलवे कनेक्टिविटी मेट्रो कनेक्टिविटी एथर कनेक्टिविटी वॉटर कनेक्टिविटी डिजिटल कनेक्टिविटी या फिर गैस कनेक्टिविटी भारत में जितना काम अभी हो रहा है एक साथ इतने समी क्षेत्रों में उतना पहले कभी नहीं हुआ पिछली शताब्दी में भारत जिस भी रफ्तार से चला उसकी अपनी वजह रही है लेकिन इतना तय है कि आज का युवा भारत अब धीरे नहीं चल सकता इसलिए भी बीते वर्षों में देश ने स्पीड भी बढ़ाई और स्केल भी बढ़ाया सीएनजीकेन्द्रों की प्रगति का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि बीते सत्ताईस वर्षों में केवल नौ सौ केन्द्र ही उपलब्ध कराए गए जबकि दो हजार चौदह के बाद छः वर्ष में एक हजार पांच सौ नए सीएनजी केन्द्रों का निर्माण किया गया

उन्होंने कहा कि कोरोना वैक्सिनेशन का कार्य प्रत्येक दशा में केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित क्रम के अनुसार किया जाना चाहिए

गौरतलब है कि कल सम्पूर्ण प्रदेश में कोरोना वैक्सिनेशन का ड्राई रन आयोजित किया गया हर जनपद के तीन ग्रामीण और तीन शहरी क्षेत्रों में ड्राई रन की कार्रवाई सम्पादित की गई मुख्यमंत्री ने कोरोना के नये स्ट्रेन को देखते हुए राज्य में अतिरिक्त सतर्कता बरतने के निर्देश दिये उन्होंने कहा कि कान्टैक्ट ट्रेसिंग का कार्य प्रभावी ढंग से सम्पन्न किया जाये और सर्विलांस सिस्टम को सक्रिय और सुद्रढ़ बनाये रखा जाये प्रदेश में साढ़े तीन लाख से अधिक लोगों द्वारा ई संजीवनी एप का उपयोग करने पर संतोष व्यक्त करते हए उन्होंने ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस एप के द्वारा ऑनलाइन चिकित्सकीय परामर्श का लाभ उठाने की अपील की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों को जनपदों में सरकारी भवनों का निरीक्षण करने के निर्देश दिये हैं उन्होंने कहा कि निरीक्षण के दौरान यदि विद्यालय अस्पताल या अन्य कोई भी सरकारी इमारत जर्जर अवस्था में संचालित पाई जाये तो तत्काल वैकल्पिक व्यवस्था के तहत इसका संचालन अनयंत्र करते हुए जर्जर भवन के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई सुनिश्चित की जाये मुख्यमंत्री कल लखनऊ में एक उच्चस्तरीय बैठक के दौरान विभिन्न विभागों की समीक्षा कर रहे थे मुख्यमंत्री ने शासन के दिशा निर्देशों के अनुसार जर्जर भवनों के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई किए जाने के निर्देश दिये हैं मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारी तथा निजी क्षेत्र में संचालित बेसिक तथा माध्यमिक स्तर के विद्यालयों और डिग्री कालेजों के भवनों का भी गहन निरीक्षण किया जाये और उसी के अनुसार आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाये मुख्यमंत्री ने प्रदेश में धान खरीद कार्य को पूरी सक्रियता से संचालित करने के भी निर्देश दिये उन्होंने कहा कि धान खरीद के लक्ष्य की पूर्ति हो जाने के बाद भी धान खरीद का कार्य लगातार जारी रखा जाये प्रदेश में किसानों के कल्याण और उनकी आय को दोगुना करने के लिए आज से किसान कल्याण मिशन के रूप में अभियान शुरू किया जायेगा इस संबंध में कृषि उत्पादन आयुक्त सभी अपर मुख्य सचिव प्रमुख सचिव और मंडलायुक्तों तथा जिलाधिकारियों को पहले ही निर्देश भेजे जा चुके हैं प्रदेश के मुख्य सचिव राजेन्द्र तिवारी ने बताया कि किसान कल्याण मिशन के अन्तर्गत होने वाली गोप्ठी प्रदर्शनी और मेला प्रत्येक विकास खंड में आज से शुरू होकर अगले तीन सप्ताह तक चलेंगे उन्होंने बताया कि प्रत्येक सप्ताह में बुधवार को जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों में एक विकास खंड में इनका आयोजन होगा उन्होंने कहा कि यह क्रम तब तक चलता रहेगा जब तक कि सारे विकासखंड आच्छादित नहीं हो जाते एक रिपोर्ट हमारे संवाददाता कीः इन कार्यक्रमों के दौरान किसानों को सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाम भी दिया जाएगा किसान कल्याण मिशन के अंतर्गत प्रदेश सरकार के विभिन्न विभाग जिसमें कृषि विपणन मंत्री परिषद बागवानी पशुपालन मत्स्य गन्ना विभाग और खाद एवं रसद तथा पंचायती राज विभाग शामिल है एक साथ मिलकर किसानों के लिए काम करेंगे

सुशील चन्द्र तिवारी आकाशवाणी समाचार लखनऊ प्रदेश में कोरोना संक्रमण की स्थिति में लगातार सुधार हो रहा है और अब तक पांच लाख अडसठ हजार आठ सौ बान्नबे कोरोना मरीज ठीक हो चुके हैं प्रदेश में कोरोना का रिकवरी रेट छियान्नबे दशमलव चार नौ प्रतिशत है इस समय राज्य में कोरोना के बारह हजार दो सौ छियासी सक्रिय मरीज हैं अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि अब तक राज्य में आठ हजार चार सौ तैंतीस मौते कोरोना से हुई हैं और कोरोना मृत्यु दर एक दशमलव चार तीन प्रतिशत है उन्होंने बताया कि अब तक राज्य में दो करोड़ पैंतालिस लाख चौरान्नबे हजार आठ सौ इकहत्तर करोना की जांचे की गई हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इंटर्नशिप कर रहे एमबीबीएस और बीडीएस के छात्रों के मानदेय की धनराशि बढ़ाकर बारह हजार रूपये कर दी है सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि मानदेय में वृद्धि का लम्बे समय से इंतजार किया जा रहा था और यह बढ़ोत्तरी दस साल बाद हुई है इस निर्णय के अनुसार अब मेडिकल के इन छात्रों को साढ़े सात हजार रूपये के स्थान पर बारह हजार रूपये प्रतिमाह इंटर्नशिप भत्ता मिलेगा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गाजियाबाद जनपद के मुरादनगर में पिछले रविवार को हुई श्मशान घाट दुर्घटना के मामले में प्रत्येक मृतक के आश्रितों को दस लाख रूपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है इसके अलावा प्रत्येक आवासहीन प्रभावित परिवार को एक आवास भी उपलब्ध करवाया जायेगा सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री ने संबंधित ठेकेदार और अभियंताओं के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून एनएसए के अन्तर्गत कर्रवाई के भी निर्देश दिये हैं निर्माण कार्य से सरकारी धन के नुकसान की भरपाई संबंधित ठेकेदार और अभियताओं से की जायेगी उधर इस मामले में वांछित ठेकेदार को गिरफ्तार कर लिया गया है